द्ष्कर्म के सभी मामलों की जांच अनिवार्य रूप से दो महीनें में और ऐसे सभी म्कदमें की स्नवाई भी दो महीने में पूरी करनी होगी पंचक्ला में नगर निगम दवारा हाईटेक क्लोज सर्किट टैलीविज़न लगाने का काम श्रू हो गया है पंचक्ला के विधायक ज्ञान चंद ग्प्ता एवं कालका की विधायक लतिका शर्मा ने बताया कि इन कैमरों एवं ड्रोन से अपराधियों जिलें में होने वाले बड़े कार्यक्रमों एंव रैलियों पर नज़र रखी जा सकेगी निगम प्रशासक राजेश जोगपाल ने बताया कि इन कैमरों में दूसरा फेस श्रू हआ है तीसरे फेज में चेहरे पहचान करने की स्विधा भी होगी

हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों के स्रक्षित आवागमन के लिए स्रक्षित स्कूल वाहन नीति बनाई है

प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़े गहरी होगी

हरियाणा राजभवन चण्डीगढ़ में इसी दिन सायंकाल एट होम का भी आयोजन किया जाएगा एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री कंवर पाल झज्जर में तथा उपाध्यक्ष श्रीमती संतोष यादव रोहतक में राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा पलवल वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्य् सोनीपत में कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जींद में स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज चरखी दादरी में लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह कुरुक्षेत्र में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन ग्रुग्राम में तथा परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार फरीदाबाद में ध्वजारोहण करेंगे

एसडीएम ने प्ष्प चक्र अर्पित करते हुए कहा कि उदयम सिंह ने सिर से बचपन से ही मां बाप का साया उठ गया था जिस कारण उन्हें अपने भाई के साथ अनाथलय की शरण लेनी पड़ी

इस मौके पर राज्यपाल प्रोकप्तान सिंह सोलंकी ने मुख्य अतिथि के रूप में रिशकत कर शहीद को श्रदवाजंलि दी राज्यपाल परे कहा कि हम सभी को शहीदों की क्र्बानियों से प्ररेणा लेनी चाहिए

इस कर संग्रहण में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस एक्साइज ड्यूटी वाहन कर और सेल टैक्सजीएसटी इत्यादि शामिल हैं हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा है कि विद्यार्थियों साक्षात्कार के लिए जाने वाले बेरोज़गार य्वाओं एक सहायक के साथ शत प्रतिशत दिव्यांगों स्वतंत्रता सेनानियों वीरता प्रस्कार प्राप्त सैनिको आपात्तकाल के पीड़ित पति पत्नी ब्जुर्गो समेंत समाज के कई वर्गो को हरियाणा रोडवेज म्फ्त या रियायती यात्रा स्विधाएं म्हैया करवाकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी बख्बी निभा रही है

पंचक्ला के उपाय्क्त म्क्ल क्मार ने बताया कि इसके साथ साथ जिला के सभी गांवों में विकास पट लगाने का कार्य भी किया जा रहा है जिसमें सरकार दवारा किए गए विकास कार्यों को अंकित किया जाएगा ताकि गांव वासी इन विकास पटों से जानकारी प्राप्त कर सकें कि उनके गांवों में क्या क्या कार्य करवाए गए

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचायती राज विभाग के कार्यकारी अभियंता को निलम्बित करने के निर्देश उच्चाधिकारियों को दिये है मीडिया से वार्ता में राज्य मंत्री ने कहा कि गत लगभग एक वर्ष से इस नाले के निर्माण की मांग ग्रामीण कर रहे है और उन्होंने भी कार्यकारी अभियंता को इस नाले का निर्माण करवाने के निर्देश दिये थे लेकिन कार्यकारी अभियंता इसमें रूचि नहीं ले रहे थे